उन्होंने कहा कि गोरखनाथ पीठ ने क्षेत्र में जागरूकता और ज्ञान फैलाने के साथ साथ राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने तथा सामाजिक दायित्व में अहम भूमिका निमाई है मुख्यमंत्री ने कहा कि सप्ताह भर चलने वाला ये आयोजन विद्यार्थियों को अपने इतिहास से जुडने का अवसर प्रदान करता है साथ ही वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए अनुशासन की महता पर भी बल देता है जयराम ठाकूर ने इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हिमाचल आने का निमंत्रण भी दिया

कंवर ने कहा कि समी पंचायतों को इस राशि को तय समय सीमा के भीतर खर्च करने के निर्देश दिए गए हैं उन्होंने कहा कि ऐसा न करने वाली पंचायतों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी मेंट स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने आज शिमला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की ये एक शिष्टाचार भेंट थी

उन्होंने राज्यपाल को प्रदेश में चलाई जा रही स्वस्थ्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी और कहा कि सरकार लोगों को गुणात्मक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के हरसंभव प्रयास कर रही है राज्यपाल ने प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की सराहना की अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश में स्कूली बच्चों को घटिया वर्दी व बैग देने पर चिंता जताई है अग्निहोत्री ने सरकार से मांग की है कि इस मामले में तुरन्त उचित कार्रवाई की जाए अन्यथा माना जाएगा इसमें सरकार की मिली भगत है उन्होंने सरकार से इस मामले पर जबाब देने को भी कहा अग्निहोत्री ने कहा कि वह विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस मामले को जोरशोर से उठाएंगे रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने देश में इंटरनेट यूजर के डाटा के एकत्रीकरण बाहरी देश के बजाय भारत में ही करने की केंद्र सरकार से मांग की है ताकि यूजर की गोपनीयता को बचाया जा सके रामस्वरूप शर्मा ने आज लोकसभा में शन्यकाल के दौरान ये मामला उठाया उन्होने कहा कि देश में शरू की गई डिजिटल इंडिया योजना से इंटरनेट उपयोग करने वालों की संख्या में भारी वृद्धि हई है लेकिन इसके साथ ही कुछ नई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है इनमें यूजर डाटा की गोपनीयता सबसे बड़ी चुनौती है रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि देश में ही डाटा सेंटर स्थापित होने से जहा आर्थिक लाभ होगा वहीं नई नौकरिया मी सूजित होंगी डीसी शिमला उपायुक्त शिमला अभित कश्यप ने कहा है कि जिले में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए सभी विभागों में समन्वय जरूरी है ताकि लोगों को इसका लाभ भिल सके अभित कश्यप आज ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर विभिन्न विमागों के अधिकारियों की एक बैठक संबोधित कर रहे थे उपायुक्त ने स्वास्थ्य विमाग को बायो मेडिकल वेस्ट के निष्यादन के लिए सुरक्षित प्रबंधन पर जोर दिया ताकि लोगों की सेहत से खिलवाड़ न हो उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए की वे अपने अपने क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन के लिए प्रभावी कदम उठाएं ताकि लोगों को स्वच्छता का महत्व समझ आ सके किशन कप्र कांगडा संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद किशन कपूर ने आज लोकसभा में वन्दे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी के पठानकोट में ठहराव का मुद्दा उठाया किशन कपूर ने कहा कि यदि इस रेलगाड़ी का पठानकोट का ठहराव किया जाता है तो इससे हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा अभी यह रेलगाड़ी दिल्ली के बाद अंबाला लुधियाना और फिर सीधे जम्मू रूकती है विरोध प्रदर्शन हैदारबाद में महिला चिकित्सक के साथ हुए दुष्कर्म व हत्या मामले के विरोध में प्रदेश महिला कांग्रेस और अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने आज शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया प्रदर्शनकारी इस घटना के आरोपियों को तुरन्त कड़ी सजा देने की मांग कर रहे थे प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है ऐसे में अपराधियों को तुरंत सजा दिलाने के लिए न्यायिक प्रकिया में तत्काल सुधार की जरूरत है